बहराइच में यह कार्यक्रम महाराजा सुहेलदेव की जयती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे इस विकास परियोजना में महाराजा सहेलदेव की अश्वारोही प्रतिमा स्थापित की जाएगी तथा इसके साथ ही चितौरा झील के आस पास कैफेटेरिया अतिथि गृह और चिल्ड्रन पार्क जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी महाराजा सुहेलदेव को देश के प्रति उनकी सेवाओं और समर्पण के लिए याद किया जाता है वे हमेशा से ही लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं यह स्मारक स्थल पर्यटन के नजरिये से भी काफी फायदेमंद होगा प्रदेश में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग देने के लिए अम्युदय योजना का आज शुभारंभ हो गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से योजना की शुरूआत करते हुए कहा कि प्रदेश की युवा ऊर्जा को समर्पित इस योजना का लक्ष्य युवाओं को मजबूत नींव प्रदान करना है

उन्होंने कहा कि योजना को वर्चअल माध्यम से संचालित कर लाखों युवाओं को इसका लाभ दिया जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ मेडिकल और आईआईटी के विशेषज्ञों को भी इससे जोड़ा गया है मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि योजना से प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को और निखरने का अवसर मिलेगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि शुल्क का भृगतान डिजिटल मोड में करने को बढावा देने प्रतीक्षा समय और ईंधन खर्च कम करने तथा शुल्क प्लाजा के जरिये निर्बाघ यात्रा उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दो हजार आठ के अनुसार शुल्क प्लाजा के फास्टैग लेन में बिना फास्टैग के या बिना वैध फास्टैग के प्रवेश करने पर उस श्रेणी के लिए लागू शुल्क का दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया जनवरी मे मन की बात कार्यक्रम में कला संस्कृति पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं प्रदेश में सभी डिग्री कॉलेज राजकीय और प्राइवेट विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान आज से सामान्य रूप से खुल गए हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग ने एक पत्र में सभी प्राइवेट और राज्य विश्वविद्यालयों के कलपतियों और निदेशकों से कहा है कि वे आज से सामान्य कार्य शुरू कर दें उधर राज्य में कक्षा छ से आठ तक के स्कूल दस फरवरी से खुल गए हैं और कक्षा एक से पांच तक के विद्यालय पहली मार्च से खुल जायेंगे

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि पिछले वर्ष तीस मई के बाद संक्रमण की संख्या तीन हजार से कम हुई है उन्होंने कहा कि पिछले चौबीस घंटे में प्रदेश में कोविड संक्रमण के अट्ठावन नए मामले सामने आए हैं जबकि एक सौ बाईस मरीज स्वस्थ हए हैं कल एक दिन में एक लाख ग्यारह हजार चार सौ छियासठ नमूनों की जांच की गयी उत्तराखड में चमोली जिले के रैणी गांव और तपोवन इलाके से पिछले छत्तीस घंटों के दौरान सोलह और शव निकाले गए इनमें नौ शव तपोवन की सुरंग से और सात रैणी गांव से मिले हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक कुल चौवन शव निकाले जा चुके हैं और एक सौ पचास लोग अब भी लापता हैं

यह ट्रेन सप्ताह में दो बार चलेगी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल वर्च्अल माध्यम से इस ट्रेन को हरी इंडी दिखाकर रवाना किया